छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को भी मिली मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों से देश की जनता की गरिमा बढेगी और सशक्तिकरण होगा कस्तूरीरंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ देश के सभी किसानों को देने का फैसला किया इससे पहले दो हेक्टेयर तक को जमीन वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा था नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि संशोधित योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में एक वर्ष में तीन किस्तों में क्ल छह हजार रुपये की राशि अंतरित की जाती है गृह मंत्री अमित शाह ने टवीट संदेश में कहा कि नरेन्द्र मोदी ने वायदे के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाकर इसका लाभ सभी किसानों को देने का फैसला किया है एक अन्य बड़े फैसले में प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दी गई इसके अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार के इस पेंशन फंड में किसानों और सरकार का समान योगदान होगा मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना को स्वीकृति दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है

श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने मवेशियों के मुंह और पैरों की बीमारियों पर काबू पाने के लिए विशेष योजना को भी मंजूरी दी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र की नई सरकार ने ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनका भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में वायदा किया था

उन्होंने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह दो हजार रूपये से बढ़ा कर ढाई हजार रूपये और लड़कियों की छात्रवृत्ति दो हजार दो सौ पचास रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये प्रति माह कर दी है

बैठक में संसद के आगामी सत्र की रणनीति भी तय की गई

आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जबकि केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जायेगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दो साल पहले मैनें इस मंत्रालय में काम किया है और मेरे लिये यह घर वापसी है उन्होंने कहा कि यह पांच तत्वों की रक्षा करने का मंत्रालय है

इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु राज्यमंत्री बाबुल सुप्रीयो भी उपस्थित थे

इस नीति में पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों अथवा कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है

वायु सेना ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी

पहला स्थान चित्तौडगढ और दूसरे पर जयपुर रहा

इसके साथ ही जिले ने राज्य के टॉपटेन गोल्डन कैटेगिरी जिलों में जगह और मजबूत कर ली है